छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बारहवीं बोर्ड की परीक्षा कल से शुरू हो रही है

वे आज सुबह विशेष विमान से रायपुर पहुंचे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बर्घल और महापौर एजाज ढेबर ने उनका आत्भीय स्वागत किया एयरपोर्ट पर ही कुछ देर रुकने के बाद राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बिलासपुर के लिए रवाना हुए राष्ट्रपति श्री कोविंद के साथ छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उईके भी बिलासपुर पहुंची बिलासपुर पहुंचने पर हेलीपेड में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने राष्ट्रपति की अगुवानी की आज शाम को राष्ट्रपति से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मलाकात करेंगे राष्ट्रपति कल गुरू घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और दस प्रतिभावान विद्यार्थियों को गोल्ड मैडल प्रदान करेंगे वे विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित पांच भवनों का लोकार्पण भी करेंगे इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे राष्ट्रपति कल ही रायपूर वापस आकर भारतीय वायुसेना के विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर बिलासपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है नगर में करीब बारह सौ जवानों की ड्यूटी लगाई गई है

परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करते हुए अपहरण की आशंका जताई है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह में कल इस छात्रा को भी गोल्ड मैडल मिलने वालो था इस आयोजन के पहले शनिवार को कार्यक्रम का रिहर्सल किया गया इसमें विधि की भूतपूर्व छात्रा रामेश्वरी राव मराठा भी शामिल हुई और रिहर्सल के बाद घर लौटते समय वह लापता हो गई सिविल लाईन थाना प्रभारी ने बताया कि छात्रा की खोजबीन की जा रही है

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि मंत्रालय देशभर के स्कूलों और कॉलेजों में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाएगा उन्होंने कहा कि आठ मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अभियान की शुरुआत आज से हो गई है उन्होंने कहा कि यह अभियान वर्षभर चलेगा श्री पोखरियाल ने कहा कि सरकार ने वर्ष दो हजार चौदह से बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई उपाय किए हैं उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहा है जिसकी बदौलत शिक्षा में उच्चतर स्तर पर बालकों के मुकाबले बालिकाओं के दाखिलों में सभी पाठ्यक्रमों में इजाफा हुआ है श्री निशंक ने कहा कि योग ओलंपियाड को तर्ज पर स्कल स्तर पर बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा उन्होंने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी स्कूलों में कक्षा छठवीं से बारहवीं की लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है आयकर छापा सिंहदेव रमन सिंह स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रदेश में चल रहे आयकर छापों को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है उन्होंने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ यह कार्रवाई की जा रही है वह राजनीतिक विद्वेष की तरह प्रतीत होती है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ शासन की पूर्व अनुमति के बिना केंद्रीय सशस्त्र बल को तैनात किया गया वह असंवैधानिक है राज्य सरकार को अभी तक यह सूचना भी नहीं दी गई कि कौन सी एजेंसी छापा मार रही है दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आयकर विभाग का छापा तो एक सामान्य प्रक्रिया है शहर के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की आयकर विभाग केवल जांच कर रहा है यदि किसी के पास अघोषित संपत्ति मिलती है तो उस पर केस बनाया जाता है वहीं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद रामविचार नेताम ने कहा है कि आयकर विभाग द्वारा की जा रही यह कार्रवाई रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है

गरीब परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाए देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं इस बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप निदेशक डॉक्टर सुरेन्द्र पाममोई से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे बोर्ड परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बारहवीं बोर्ड की परीक्षा कल दो मार्च से शुरू हो रही हैं वहीं दसवीं की परीक्षा तीन मार्च से शुरू होगी इस वर्ष बारहवीं की परीक्षा में जहां करीब दो लाख सतहत्तर हजार विद्यार्थी तो वहीं दसवीं में तीन लाख बयानवे हजार से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे दोनों परीक्षाएं सुबह नौ बजे से शुरू होंगी माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने बताया कि हायर सेकण्डरी परीक्षा में गणित और भौतिक शास्त्र विषयों के लिए विद्यार्थियों को लिखने के लिए अड़तीस पृष्ठ और शेष परीक्षाओं में तीस पृष्ठ उपलब्ध होंगे इन उत्तर प्रस्तिकाओं के अतिरिक्त विद्यार्थियों को पूरक उत्तर प्रस्तिका नहीं दी जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने परीक्षा में शामिल हो रहे सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं पाठ्य पुस्तक राज्यगीत राज्य की प्राथमिक शालाओं की पाठ्य पुस्तकों में छत्तीसगढ़ का राज्यगीत अरपा पैरी के धार को शामिल किया जाएगा राज्य शिक्षा स्थायी समिति की बैठक में इसका अनुमोदन कर दिया गया पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में बोली और भाषाओं को पढ़ाने के लिए द्विभाषिक पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी महिला पॉवर वॉक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रायपुर में आज देर शाम महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया की मौजूदगी में सैकड़ों महिलाए पॉवर वाँक करेंगी राजधानी के मरीन ड्राइव में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के अधिकारों का बिना शर्त एक मौलिक अधिकार के रूप में समर्थन करना है राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश पर देश में पहली बार एक मार्च को हर राज्य की राजधानी में महिलाओं का पॉवर वॉक आयोजित किया गया है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत नारायणपुर में आज दो सौ तीस जोड़े विवाह सूत्र में बंधे महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार उद्योग मंत्री कवासी लखमा और सांसद दीपक बैज ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह के लिए पच्चीस हजार रूपये की राशि प्रदान की जाती है थ्रो बॉल भिलाई में आयोजित बयालीसवीं सीनियर नेशनल थ्रो बॉल चैंपियनशिप के दोनों ही वर्गो का खिताब हरियाणा ने जीत लिया है वहीं छत्तीसगढ़ की टीम दूसरे स्थान पर रही अट्ठाईस फरवरी से एक मार्च तक खेली गई इस स्पर्धा में बालक वर्ग में इक्कीस राज्यों और बालिका वर्ग में अट्ठारह राज्यों की टीमों के करीब सात सौ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया मनरेगा रोजगार प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत माओवाद प्रभावित बीजापुर सुकमा और दंतेवाड़ा जिले में लक्ष्य से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है इस मामले में बीजापुर और सुकमा प्रदेश में पहले और दूसरे स्थान पर हैं वहीं दंतेवाड़ा शीर्ष पांच जिलों में शामिल है इन तीनों जिलों के साथ ही बालोद जशपूर और रायपूर जिले में भी सौ फीसदी रोजगार उपलब्ध कराया गया है प्रदेश में इस वर्ष मनरेगा जॉब कार्डघारी श्रमिकों को अब तक ग्यारह करोड़ बहत्तर लाख मानव दिवस रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है मौसम मौसम विभाग ने अगले एक दो दिनों के दौरान प्रदेश में एक बार फिर बारिश होने की संभावना व्यक्त की है अगले चौबीस घंटों के दौरान रायपुर में बादल छाने और शाम को गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है इस बीच प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहा बस्तर और दुर्ग संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया वहीं प्रदेश में सबसे कम तापमान तेरह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज किया गया संक्षिप्त समाचार कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र में ध्रत्ता गांव के पास सुरक्षा बलों ने पांच किलो का आईईडी बरामद किया है जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया राजनांदगांव जिले के सुंदरा गांव में बस की टक्कर से स्कूटी सवार दो महिलाएं घायल हो गईं हादसे को बाद नाराज ग्रामीणों ने मार्ग पर गति अवरोधक लगाने की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया